देश के आईआईटी में प्रवेश के लिए जेईई ए वांस की रीक्षा अगस्त में होगी और उसकी तिथियों की घोषणा बाद में की जाएंगी इन स्रीक्षाओं का आयोजन राष्ट्रीय टेस्टिंग एजेंसी करती हथ संबल योजना मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना को फिर से श्रू किया

शीघ्र ही इसके लिये आवश्यक कदम उठाएं जा रहे है ा ा ॉ मिश्रा ने प्लिसकर्मियों की क्रमोन्नति प्रदोन्नति प्रर निर्णय लिये जाने संबंधी आवश्यक कार्यवाही तत्परतापुर्वक की जाए

प्रोफेसर बनर्जी ने कांग्रेस के पुर्व अध्यक्ष राहल गांधी के साथ बातचीत में आज कहा कि उन्हें लगता है कि नकदी सिर्फ जरूरतमंद तक ही श्हंचनी चाहिए इसलिए यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि समाज में जो सबसे गरीब हैं उसके शास नकदी शहंचे प्रोफेसर बनर्जी ने कहा कि जरूरतमंदों के लिए इस समय अस्थायी राशन कार्य की जरूरत है इसलिए अन्य राशन कार्य रोककर अस्थायी राशन कार्य शुरू किए जाएं हले तीन महीने के लिए और आवश्यकता ड़ने र इसकी अवधि बढ़ायी जा सकती हा

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों के साथ बछक में विभिन्न अधिनियमों में प्रस्तावित संशोधनों में बिन्दवार चर्चा कर कोरोना के बाद उत्पन्न स्थिति में आगामी एक हजार दिनों में उद्योगों को विभिन्न रियायतें देने की जरूरत बताई थी

इंदौर के एक एनजीओ आनंद सर्वे सोसाइटी ने सबसे हले सोशल मीपिया के जरिये इन दिव्यंगों की दूर्दशा को उजागर किया था और उनकी मदद के लिए अतिरिक्त मुख्य सचिव आईसीपी केशरी से संपर्क किया था

डाकघर देश में लगातार लॉक ाउन के बीच ाक विभाग ने लोगों के घर तक न केवल ाक व्यवस्था जारी रखी बल्कि नगद राशि और बीमार लोगों को दवाईयां उ लब्ध कराने का भी काम निरंतर किया है